पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब केवल तीन दिन बाकी बचे हैं

इस अवसर पर देवी के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा

पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब केवल तीन दिन शेष हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए देशभर में रैलियां कर रहे हैं

इसी क्रम में आज चुनावी सभाएं करने वाले नेताओं में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज श्रीनगर अल्मोड़ा और हरिद्वार में चुनाव रैलियों को संबोधित करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए योट मांगे इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पहला लक्ष्य गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी को लागू किया जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी जो अब तक की सबसे अधिक है राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार अर्धसैनिक बलों के उन जवानों को शहीद का दर्जा देगी जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया

वे आज रूड़की और रुद्रपुर में हरिद्वार और नैनीताल सीट से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव रैलियों में बोल रही थीं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जो वायदे किये थे वो पूरे नहीं हुए इसलिए वह सत्ता से बाहर होगी सुश्री मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए यह दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं इसलिए बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए ही बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के शासनकाल में केवल पूजीपतियों की भलाई के काम किए गए जबकि गरीबों की घोर उपेक्षा की गई उत्तराखंड से अपना खास लगाव जताते हुए मायावती ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हए ऊधम सिंह नगर जिले का गठन करने समेत पहाड़ी क्षेत्र में कई विकास योजनाए लागू कीं उन्होंने लोगों से प्रदेश की सभी पांचों सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन की अपील की स्लग मुख्यमंत्री आरोप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी आज देहरादून में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभाएं विफल साबित हो रही हैं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे किये हैं मुख्यमंत्री ने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस अफ्सपा को खत्म करके किसका फायदा कराना चाहती है उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अल्मोड़ा में किसानों के मुद्दे पर झूठ बोला है स्लग निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में सुरक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर से आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टमरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरूद्वारा और किसी भी धार्मिक स्थिल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने रुद्रप्रयाग मुख्यालय के गुलाबराय मैदान से पेट्रोल पम्प तक पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं मसकबीन के साथ रैली निकालकर स्वच्छ मतदान का आहवान किया पीआरडी जवानों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे

व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता ने भी पहाड़ी वाद्ययंत्र गीतों और नृत्यों का खूब लुफ्त उठाया मुख्य विकास अधिकारी एनएस रावत ने समस्त पीआरडी जवानों को लोकतंत्र की महत्ता की जानकारी दी और मतदान के अधिकार के बारे में बताया स्लग सौजन्या राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून की ओर से विशेष वर्ग के वोटरों को मतदान के लिए जागरूक करने के बारे में पोस्टर और वीडियो स्टोरी का लोकार्पण किया कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग वोटर्स के लिए माई वोट इज माई एबिलिटी पिछली तीन चार पीढ़ियों से वोटिंग करने वाले परिवारों के लिए वोट फॉर जेनरेशन्स पूरे परिवार के लिए फैमिली वोट्स ट्रंगैदर वरिष्ठ नागरिकों एवं ट्रांसजेंडर के लिए सैलीब्रेट डेमोक्रेसी विद डिग्निटी युवा मतदाताओं के लिए माई वोट माई प्राईड और मतदान को बढ़ाने के लिए वोट दून वोट के पोस्टरों का लोकार्पण किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान जागरूकता के लिए एक वीडियो स्टोरी का भी लोकार्पण किया

मतदान हेतु महिला व पुरूषों की अलग अलग लाईन लगाई जाएगी जिसमें दो महिलाओं के बाद एक पुरूष मतदाता को वोट करने का अवसर मिलेगा

साथ ही दिव्यांगों को बिना लाइन में लगे वोट डालने दिया जाएगा उन्होंने बताया कि ऐसे पोलिंग बूथ जो रोडहैड पर नहीं है उन पोलिंग बूथ में गर्भवती महिलाओं बीमार और अक्षम मतदाताओं के लिए डोली की व्यवस्था भी की गयी है स्लग रुद्रप्रयाग प्रेक्षक रुदप्रयाग में आज पुलिस प्रेक्षक संजय कमार जैन ने नोडल अधिकारी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक की बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कंट्रोल रूम की भूमिका अहम है मतदेय स्थल में सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के व्यवधान के लिए प्रथम रिस्पॉन्डर है बैठक में शैडो एरिया के संबंध में पुलिस अधीक्षक एसपी अजय सिंह ने बताया कि जिन स्थलों पर संचार की समस्या है वहां पुलिस को हैंडसेट उपलब्ध कराये जाएंगे हैंडसेट के माध्यम से संदेश कंट्रोल रूम और सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंचेगा स्लग जायजा बागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय जोशी ने बागेश्वर में लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिये पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कुमाऊं के हर जिले में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है जिनमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ ही होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं

आज ही से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो गए हैं इस अवसर पर गढ़वाल और कुमाऊं के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है इसके अलावा घरों में लोगों ने घट स्थापित किया आज से नौ दिनों तक पूरे विधि विधान से दुर्गा मां के नौ रूपों शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंदमाता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा का विधान है नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की गई

उधर चंपावत में चल रहे पूर्णागिरी मेले में नवरात्र के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु उमड़े मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए कल रात से ही श्रद्वालु जुटने लगे स्लग गंगोत्री के कपाट करोड़ों हिन्दुओं की आस्था के केंद्र गंगोत्री धाम के कपाट आगामी सात मई को सुबह साढ़े ग्यारह बजे श्रद्वालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे नवरात्र के पावन पर्व पर आज मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त विधि विधान के साथ निकाला गया

गौरतलब है कि नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री के कपाट खोलने का मुहूर्त निकाला जाता है

विभिन्न पर्वतीय जिलों में आज बर्फबारी बारिश और ओलावृष्टि हई चमोली जिले में बद्रीनाथ हेमकंड साहिब रुद्रनाथ रूपकंड और फूलों की घाटी सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई टिहरी जिले में कई जगह ओलावृष्टि हुई उधर पिथौरागढ़ जिले में कल धारचूला मुनस्यारी और डीडीहाट क्षेत्रों में ओले गिरने के साथ बारिश हुई